इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज मंडी जिला के बगस्याड़ में सिराज मंडल की एक बैठक में उपस्थित रहेंगे और अपने चुनावी क्षेत्र के स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे वहीं भाजपा के चारों संसदीय सीटों के उम्मीदवार भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे हमीरपुर से अनुराग ठाकुर सुजानपुर मंडल में महिला मोर्चा सम्मेलन व हमीरपुर मंडल के नाल्टी में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे जबकि कांगड़ा से उम्मीदवार किशन कपूर नगरोट बगवां विधानसभा क्षेत्र के युवा सम्मेलन में चुनाव प्रचार करेंगें इसी तरह मंडी से प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा करसोग विधानसभा क्षेत्र में युवा मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम में भाग लेंगे सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर इस मौके विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश कश्यप सोलन में महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके बाद चायल में नुक्कड़ सभा के ज़रिए जनता से संवाद करेंगे सांसद वीरेंद्र कश्यप भी इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहेंगे पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाक्र ने ये जानकारी दी है संकल्प घोषणापत्र दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में पार्टी का संकल्प घोषणापत्र जारी करेगी ये घोषणापत्र प्रदेश अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर जारी करेंगे इस अवसर पर कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुधीर शर्मा के अलावा कई अन्य नेता शामिल होंगे इसके अलावा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल का बाद दोपहर एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है

इसी कड़ी में सोलन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थानों में प्राकृतिक आपदा से निपटने को लेकर मौक ड़िल व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहीं धर्मशाला में आयोजित हो रही कार्यशाला में आपदा से किस तरह बचा जाए उस पर चर्चा होगी इस कार्यशाला का आयोजन हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से हो रहा है बिलासपुर में इस अवसर पर मैमोरी वॉक का आयोजन किया जाएगा डीसी शिमला शिमला के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा है कि चैत्र नवरात्रों के दौरान जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्दालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी उन्होंने ने कहा कि नवरात्रों के दौरान शिमला जिला के विभिन्न मंदिरों में श्रद्वालुओं की आवाजाही काफी बढ़ जाती है ऐसे में यह आवश्यक है कि श्रद्वालुओं को विभिन्न सेवाएं नियमित रूप से प्राप्त हो उपायुक्त ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिमला के संकट मोचन व तारादेवी मंदिरों में वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे डीसी किन्नौर किन्नौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने कहा है कि मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी मतदान कर सकता है इन वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस सरकारी व अर्ध सरकारी उपकमों द्वारा जारी पहचान पत्र फोटो युक्त डाकघर पासबुक पैन कार्ड स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और पैंशन दस्तावेज इत्यादि शामिल हैं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 अमर उजाला की सुर्खी है कांगड़ा में कप्र और काजल के बीच होगी भिडंत पंजाब केसरी का शीर्षक है कांगड़ा से पवन बने कांग्रेस की आंख का काजल दैनिक भास्कर के शब्द हैं बाली और सुधीर पर भारी पड़े विधायक पवन काजल कांग्रेस ने कांगड़ा से दिया टिकट दैनिक जागरण की एक खबर है निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक आज व कल निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करेंगे उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक पहली बार नाकों की नीलामी में घाटा शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है आधा दर्जन जिलों के टोल बैरियर्स की नीलामी से आठ करोड़ का नुकसान दैनिक भास्कर की एक खबर है मंडी बनेगा शिवधाम सीएम ने प्लान आगे बढ़ाने के दिए निर्देश पीएनबी से दस करोड़ का लोन लेकर नहीं भरी एक भी किश्त प्रदेश में भी सामने आया नीरव मोदी जैसा मामला आपका फैसला की खबर है

गर्मियों में जंगल की आग का मोबाइल पर तुरंत आएगा मैसेज अमर उजाला की खबर है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

नमस्कार